मुख्य निर्वाचन आधिकारी एलवेक्टेश्वर लू ने बताया कि दूसरे चरण में क्ल तीन नामांकन दाखिल हुए हैं कल सहारनपुर से आप पार्टी के योगेश दहिया कांग्रेस के इमरान मसूद और निर्दलीय उम्मीदवार अमर बहादुर ने नामांकन किया

वहीं मुजफ्फरनगर से यजपाल सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार अशोक ने मेरठ से बसपा के हाजी मोहम्मद याक्रब तथा यूडीएसएफ के राशिद एवं बागपत से सलीम अहमद ने भी नामांकन किया मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के लिए फतेहपुर सीकरी से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के विजय गोयल ने भी पर्चा भराआज तेईस मार्च और कल चौदीस मार्च को अवकाश होने के कारण पर्चे दाखिल नहीं हो सकेंगे पच्चीस मार्च को पहले चरण में नामांकन की अन्तिम तारिख है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कल पैंतीस उम्मीदवारों की सातवीं सूची जारी कर दी है इसमें उत्तर प्रदेश से नौ उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं कांग्रेस ने प्रदेश की दो संसदीय सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बदल दिये हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजबबर को मुरादाबाद की जगह अब फतेहपुर सीकरी से उतारा गया है इमरान प्रतापगढ़ी राजबब्बर की जगह अब मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इसके साथ ही प्रदेश की बसपा सरकार में मंत्री रहे नसीमुददीन सिद्दीकी बिजनैर सीट से चुनाव लड़ेंगे इससे पहले पार्टी ने इन्दिरा भाटी को इस सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया था मिजापुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल कुँवर पटेल को बुन्देलखण्ड क्षेत्र की बांदा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है श्री पटेल ने कल पार्टी अध्यक्ष राहल गॉधी की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी पूर्व सांसद प्रवीन ऐरन बरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे जबकि त्रिलोक दिवाकर को हाथरस प्रीता हरित को आगरा वीरेन्द्र कुमार वर्मा को हरदोई से और गिरीश चन्द्र पासी को कौशाम्बी संसदीय सीट से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है बहुजन समाज पार्टी के पूर्व तीन विधायक और राष्ट्रीय लोकदल के तीन नेता आज कांग्रेस में शामिल हो गये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में इनको पार्टी की सदस्यता दिलायी

वहीं रालोद के पूर्व विधायक अनिल चौधरी अंकोला से ब्लाक प्रमुख आंमकार सिंह और ब्रजेश चाहर भी कांग्रेस में शामिल हो गये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित एक सादे समारोह में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल अध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति घोष को उन्नीस मार्च को देश के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति ने लोकपाल में चार न्यायिक सदस्य और चार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए आज ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्र्यानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनका स्मरण करते हुए उन्हें प्रखर चिंतक असाधारण बुद्विजीवी क्रांतिकारी और कट्टर देशभक्त बताया प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी इस अवसर पर श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं और डॉक्टर लोहिया के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया जा रहा है राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को शहीदी दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है उन्नीस सौ इकतीस में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में लाहौर में इन्हें फांसी दे दी थी प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन क्रांतिकारियों को श्रद्वांजलि देने के लिये विविध आयोजन किये जा रहे हैं जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित क्रांति स्तम्भ पर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी तथा लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने देश के इन तीन महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्वांजलि अर्पित की